ं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से कोरोना के संबंध में लापरवाही नहीं बरतने की अपील की कहा कोविड बीमारी को गंभीरता से लेकर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की करें पालना

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों पर मौजूद वर्तमान मसलों को शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है

श्री गहलोत आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना जागरुकता संवाद कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध डॉक्टरों के साथ प्रदेश की जनता से सीधे रूबरू हो रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर राज्य सजग है और सरकार हर स्तर पर काम किया है और कहीं कोई कमी नहीं रखी है

क्योंकि संक्रमण का असर लम्बे समय तक रहता है इसलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है संवाद में भाग लेते हुए डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम की बदौलत भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है

प्रदेश की आठ हजार पंचायत इस संवाद कार्यक्रम से जुडीं और इसका सोशल मीडिया पर भी प्रसारण हआ

चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघ शर्मा ने बताया कि आरटी पीसीआर टेस्टिंग किट वीटीएम किट तथा अन्य कंज्यूमेबल्स की कीमतों में कमी आने और आमजन को कम कीमतों पर जांच सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव अखिल अरोड़ा ने आज इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है

भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर कोरोना से लड़ाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है

मतदान समाप्त होने के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना होगी

यह परीक्षा पहले कल से आयोजित की जानी थी

उसने कहा कि यूजीसी नेट का विषय और पारी के आधार पर शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा

विधायक किरण माहेश्वरी ने बताया कि अभियान में शहर के दुकानदारों से प्लास्टिक की थैलियां लेकर उन्हें कपड़े के थैले वितरित किए गए करौली जिले के मासलपुर में भी सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान के तहत अनुसूचित जाति के लोगों की बस्ती में कपड़े के थैले बांटे गये और प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लिया गया

इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी पोषक भोजन की उपयोगिता के बारे में बताया इस मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीणों को केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विमिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गईं

कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण पिछले पांच महीनों से ये मन्दिर बंद था हमारे संवाददाता ने बताया कि मन्दिर में कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना की जा रही है इस मंदिर के खुलने से अब आस पास के दुकानदारों में कारोबार फिर से शुरू करने की आशा जगी है

श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित सात परियोजनाओं की आधारशिला और शुमारंभ के मौके पर कहा कि अब योजनाओं की प्लानिंग से लेकर अमल और उनकी देखरेख स्थानीय निकाय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कर पा रहे हैं

एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा है